आज लॉकडाउन के चौथे चरण का पहला दिन है

आज देर शाम तक अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा कि किन चीजों में छूट देनी है इसके साथ ही श्री सोरेन ने कहा है कि लगातार चीजें बदल रही है ग्रीन जोन ओरेंज जोन में बदल रहा है इसीलिए सोच समझ कर निर्णय लिया जाएगा श्री सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के प्रति चिंता जताते हुए कहा कि अभी भी लगातार लोग सड़कों पर चल रहे हैं कोई भूख से मर रहे हैं कोई हादसे में मर रहे हैं

प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन प्रवासी कामगारों की सहायता और समस्याओं के समाधान को लेकर प्रवासी राजमार्ग केयर कमेटी का गठन किया है तथा उन्हें जिम्मेवारी दी गयी है कि विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख सड़कों पर अपने घरों को लौट रहे प्रवासी कामगारों को राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त कर उचित माध्यम से घरों तक पहंचाने में सहायता करेंगें

चौबीस बोगियों वाली विशेष ट्रेन में धनबाद बोकारो रामगढ़ रांची सरायकेला सहित झारखंड के विभिन्न जिलों के प्रवासी श्रमिक धनबाद पहंचें सभी श्रमिको की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की गई

फूड पैकेट एवं पानी देकर उन्हें संबंधित जिले की बसों में बैठाया गया

राज्य में तीन और कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है सोमवार को जमशेदपुर चाईबासा और हजारीबाग के एक एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है तीनों मरीजों के कॉन्टैक्ट डिटेल और ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है तीन नए मरीज मिलने के बाद राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या दो सौ सताईस हो गई है वहीं राज्य में अब कोरोना संक्रमित जिलों में पश्चिमी सिंहभूम की भी एंट्री हो गई है राज्य के अब सत्रह जिले कोरोना संक्रमित हो गए हैं हजारीबाग में सोमवार को एक और व्यक्ति कोरोनावायरस पॉजिटिव पाया गया इससे पहले रविवार को भी एक संक्रमित पाया गया था तीस वर्षीय कोरोना संक्रमित हजारीबाग सदर प्रखंड के ग्रहेत गांव का रहने वाला है वह ग्यारह मई को मुंबई से लौटा था वही कोरोना के संक्रमण का पश्चिमी सिंहभूम जिले में पहला मामला सामने आया है

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं

मुख्यमंत्री को सूचना मिली है कि झारखण्ड की प्रवासी बच्ची सोनोती सोरेन कुछ दिन पूर्व एक सड़क हादसे में घायल हो गई है सोनोति का परिवार गुड़गांव से पैदल ही साहेबगंज के लिए चले थे

दूसारी ओर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उपायुक्त हजारीबाग को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राशन डीलर पर जांच के बाद कार्रवाई करने का निदेश दिया है मुख्यमंत्री को सूचना मिली है कि आपदा में भी हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राशन डीलर राषन वितरण में अनियमितता कर रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

पांचों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज उन्हें पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाए गए डेडीकेटेड कोविद केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई सिविल सर्जन ने सभी स्वस्थ हुए मरीजो को मास्कसैनिटाइजर व विभिन्न फल से भरी टोकरी भेंट की ये सभी छत्तीसगढ़ से मजदूरी कर लौटे थे जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये सभी यहीं इलाजरत थे इन सभी को चौदह दिनों तक होम क्वॉरेंटीइन में रहने को कहा गया है

सात और कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद रांची जिला में अब कोरोना के तेरह ही एक्टिव केस रह गए हैं

जामताड़ा जिले में पाए गए दो करोना पाजीटिव मरीज पूरी तरह स्वस्थ पाए गए

जामताड़ा अब ग्रीन जोन में आ गया है

जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी

वह भी कोलकाता से बांका जा रहा था

जामताड़ा के उपायुक्त गणेश कुमार विधायक डॉ इरफान अंसारी ने आज जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों और मेडिकल टीम के सदस्यों के साथ दोनों मरीजो को स्वस्थ होने पर फूल माला भेंटकर अस्पताल से घर के लिए विदा किया पलामू सहित झारखंड के अन्य जिलों में श्रमिकों के पहंचने का सिलसिला जारी है

डालटनगंज रेलवे स्टेशन पहंचे श्रमिकों का जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया मेडिकल स्क्रीनिंग और खाने पीने के सामान देकर सभी मजदूरों को उनके गृह क्षेत्र में बसों के माध्यम से भेज दिया गया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

शवों को देखकर गांवा में मातम छा गयी इस मौके पर बोकारो के विधायक बिरंचि नारायण और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी गांव में मौजूद थे

वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस द्र्घटना में मारे गये सभी मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूप्ये सहायता राषि देने की घोषणा की है

प्रधानमंत्री ने इस कडी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

परीक्षार्थियों को मास्क पहनने और सेनिटाइजर साथ रखने का निर्देश दिया गया है अभिभावकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त न हों द्मका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के धनबे पंचायत स्थित जोकि बांध तालाब में आज दोपहर में ड्रबने से दो बच्चों की मौत हो गयी दोनों बच्चे तालाब में नहाने गए गए थे पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि दोनों बच्चों के मां बाप दिहाडी मजदूर हैं